सोरह जून को प्रधानमंत्री पंजाब असम केरल उत्तराखंड झारखंड छत्तीसगढ त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश सहित इक्कीस राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से वार्ता करेंगे इससे अगले दिन श्री मोदी महाराष्ट्र तमिलनाडु दिल्ली ग्जरात राजस्थान और उत्तर प्रदेश सहित पन्द्रह राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा करेंगे देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हए यह बैठक बहत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है मार्च में देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा के बाद से मुख्यमंत्रियों के साथ होने वाली प्रधानमंत्री मोदी की यह छठी बैठक होगी वर्तमान में देश में लॉकडाउन का पांचवा चरण चल रहा है और इस चरण में लोगों को पहले की तुलना में काफी सहलियत दी गई है देश में अनलॉक वन जारी है और इसके तहत केंद्र और राज्य सरकारों ने आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रतिष्ठानों को छट प्रदान की है वहीं कल कैबिनेट सचिव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों के साथ बैठक कर उन्हें परामर्श दिया कि कोविड नाइन्टीन की रोकथाम के लिए जांच को बढ़ावा देने के साथ साथ संक्रमित लोगों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाएं और स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा दे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मानव संसाधन को उद्योग जगत की रीढ़ बताते हए कहा कि आज यह संसाधन श्रमिकों के रूप में प्रदेश में पर्याप्त संख्या में उपलब्ध है उन्होंने कहा कि श्रमिकों ने अपनी मेहनत से समाज और राष्ट्र का निर्माण किया है अब उनके श्रम से उत्तर प्रदेश का नव निर्माण होगा उन्होंने औद्योगिक विकास विभाग तथा एमएसएमई विभाग को श्रमिकों को रोजगार देने के लिए समी संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए श्री योगी ने कहा कि औद्योगिक इकाइयों तथा सेवा प्रदाता संगठनों को मानव संसाधन उपलब्ध कराने के लिए एक ऐप विकसित किया जाए मुख्यमंत्री लखनऊ में आज अपने सरकारी आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कामगारों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में कार्य करने के अधिकारियों को निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि श्रमिकों को बीमा कवर अवश्य उपलब्ध हो मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना से जंग एक अदृश्य शत्रू के साथ युद्ध के समान है जब तक इसका कोई टीका अथवा दवा नहीं आ जाती तब तक इससे बचाव ही एकमात्र उपाय है उन्होंने लोगों से जागरूक रहने और आयष मंत्रालय द्वारा शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढाने के लिए जारी किए गए दिशानिर्देशों का अन्पालन करने की अपील की है प्रदेश में राज्य सरकार ने प्लैटेड फैक्टरी मॉडल अपनाने का फैसला किया है इससे उद्योगों के लिए जमीन आसानी से उपलब्ध कराई जा सकेगी और साथ ही रोजगार के अवसर पैदा होंगे हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि एक उच्चस्तरीय बैठक में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने फैसला किया कि बहमंजिला भवनों में फैक्टरियां स्थापित की जाएंगी नई नीतियों के मुताबिक किसी भी पांच एकड़ तक की औद्योगिक जमीन के मालिक को अपनी जमीन के एक चौथाई हिस्से को फ्लेटेड फैक्ट्री यानी बहुमंजिला इमारत में तब्दील करने की इजाजत होगी प्रमुख सचिव अवस्थापना और औद्योगिक विकास आलोक कुमार ने कहा कि इस नीति को लेकर राज्य के समी औद्योगिक विकास प्राधिकरण सहमत है इस मॉडल के तहत औद्योगिक विकास प्राधिकरण की तरफ से सिर्फ प्रदृषण न फैलाने वाली उत्पादन इकाइयों जैसे कि रेडीमेड गारमेंट्स हस्तकला शिल्प आदि के लिए फ्लैटेड मॉडल को इस्तेमाल करने की इजाजत होगी इसमें ग्राउंड फ्लोर के साथ कम से कम चार मंजिल की इमारत बनाए जाने की अनुमति दी जाएगी प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने कहा कि राज्य आत्मनिर्मर बनने की ओर प्रयासरत है और अपने आयात को कम करना चाहता है आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में कोविड नाइन्टीन पर प्रमुख चिकित्सा विशेषज्ञों की राय प्रसारित की जाती है नई दिल्ली रिथत आयूर्विज्ञान संस्थान एम्स में जरा रोग विभाग के अध्यक्ष डॉ ए बी डे ने बताया कि कोविड नाइन्टीन से वरिष्ठ नागरिकॉ को खतरा है लेकिन वे कुछ साक्वानियां बरत कर अपना बचाव कर सकते हैं उन्होंने कहा कि बुज्गों को घर पर ही रहने मॉस्क पहनने और बार बार हाथ धोने जैसी सावधानियां बरतनी चाहिए इसके अलावा सकारात्मक सोच रखने और बीमारियों के लिए पहले से जो दवाईयां ले रहे हों उन्हें भी जारी रखना जरूरी है

अपना हाथ बार बार घोते रहें मास्क का इस्तेमाल करें पिन लोगों को बीमारी है र्जा लगता है कि आपको कि उनको कोविड हो सकता है उनसे दूर रहें अपनी दवाइयां खाते रहें जो आप पहले ले रहे थे खाने में जो आप रोज खाते थे कहीं खायें और दिन भर कुछ न कुछ करते रहें मोबाइल रहें चलते फिरते रहे बिल्कुल बेड बाउंड न हो जायें घर में रहें ये दौर भी गुजर जाएगा आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज फोन इन कार्यक्रम में कोविड नाइन्टीन पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा इसे रात नौ बजकर तीस मिनट से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है श्रोता स्ट्डियो में सीधे फोन कर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं